एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कोसी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला

संसद ने बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने वाले आपराधिक कानून संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को पारित कर दिया है राज्यसभा ने इसे कल ध्वनि मत से पारित कर दिया लोकसभा इसे पिछले महीने ही पास कर चुकी थी यह विधेयक इसी वर्ष इक्कीस अप्रैल को जारी आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में दुष्कर्म के आरोपियों को अत्यंत कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजु ने कहा कि बारह वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान बीस वर्ष कर दिया गया है जिसे आजीवन कारावास या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अल्पावास गृह में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला उजागर हुआ है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भारती प्रियंवदा की लिखित शिकायत पर अल्पावास गृह का संचालन करने वाले एनजीओ इकार्ड के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है अल्पावास गृह को लेकर टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइंस टिस की रिपोर्ट आने के बाद महिला विकास निगम ने दो जुलाई को एनजीओ को इसके संचालन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था उधर सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से जुड़ी जानकारियॉ हासिल कर रही है इसके लिए अन्य विभागों से भी समन्वय बनाया जा रहा है राज्य सरकार बाल और बालिका सुधार गृह के लिए आदर्श आचारसंहिता बनायेगी समाज कल्याण विभाग ने सुधार गृहियों में मिल रही शिकायतों के बाद आदर्श आचासंहिता बनाने का निर्णय लिया है आचार संहिता बनाने की जिम्मेदारी टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइंस टिस को दी गयी है इसके आधार पर राज्य सरकार सुधार गृहो के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी टिस ने सभी सुधार गृहों का ऑडिट कराने और उस पर अमल करने का सुझाव दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार मेंटेनस पॉलिसी बनायेगी पटना में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया गया है परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने पटना में डिजिलॉकर एप्प का लोकार्पण करते हुए कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट इस एप्प के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर इसे संबंधित अधिकारियों को दिखाया भी जा सकता है उन्होंने डिजिलॉकर के प्रोत्साहन पर बल देते हुए कहा कि अब इससे आम लोगों को सुविधा होगी गौरतलब है कि इस एप्प को भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है देश के किसी भी हिस्से में ड्राइविंग लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है रेलवे की परीक्षा में शामिल हो रहे प्रदेश के छात्रों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल पटना और सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन आज पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे दानापुर से रवाना होगी वापसी में नौ अगस्त को सिकंदराबाद स्टेशन से रात आठ बजे खुलेगी पटना जिले के गर्दनीबाग थाना के एक सहायक पुलिस निरीक्षक समेत चार पुलिसकर्मियों को एक दूध बेचने वाले से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है औरंगाबाद जिला प्रशासन ने अवैध बालू की निकासी और क्षमता से अधिक बालू ढ़ोने के आरोप में बारून क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर छापेमारी कर जब्त किये गये बयासी ट्रकों से करीब पचास लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है खनिज विभाग के अधिकारी मोहम्मद रेयाजुद्दीन ने बताया कि सरकारी नियम के अनुसार खनन विभाग द्वारा प्रत्येक ट्रक से इकतीस हजार और परिवहन विभाग द्वारा छब्बीस हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया है उत्तर बिहार में कोसी और गंडक सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया है कोसी की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से चौसा प्रखंड के छह पंचायते बाढ़ की चपेट में आ गयी है उधर बाल्मिकीनगर बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है कुचायकोट प्रखंड की कई पंचायतों में पानी के कारण धान की फसल को क्षति पहुंच रही है जबकि सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश होने के कारण इसका जलस्तर बढ़ रहा है इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है शिवहर जिले में बागमती नदी के उफान से पीपराही प्रखंड के बेलवा के पास शिवहर मोतिहारी पथ पर दो फीट पानी का बहाव हो रहा है जिससे आवागमन बाधित हो गया है प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य वर्षा हो रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पटना होकर पश्चिम बंगाल के बर्धवान तक मॉनसून ट्रफ लाईन बने रहने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दो हजार बाईस तक प्रदेश में बाईस करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने पटना में वृहद् पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सभी की जिम्मेवारी है कि पौधा लगाएं और पौधा बचाएं श्री मोदी ने कहा कि आठ से दस अगस्त तक प्रदेश के सभी विद्यालयों में पृथ्वी दिवस का आयोजन कर छात्र छात्राओं को वृक्ष के साथ ही पानी बिजली के संरक्षण सहित दस संकल्प दिलाए जायेंगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता से ही पौधों का संवर्द्वन और संरक्षण संभव है औरंगाबाद जिले में सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल और नाली गली पक्कीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत सचिव और जनसेवकों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है जिला अधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने कहा है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य किया जायेगा उन्होंने कहा कि अगले साल से स्कूली पाठयक्रम में पचास फीसदी की कमी होने के बाद इस योजना को लागू किया जायेगा पटना में खेली गयी इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में कृतिका और स्वर्णिका ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि बालक अंडर टेन वर्ग में मोहम्मद कैफउल्लाह शीर्ष पर रहें कहलगांव की लाखो कुमारी का चयन बिहार कबड्डी टीम में किया गया है लाखो अक्टूबर में राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिमा में राज्य टीम का हिस्सा होगी चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय फ़ेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने नौ मेडल जीते हैं पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा रोड पर अपराधियों ने एक फायनांस कंपनी के कर्मचारी से दस लाख रुपये लूट लिये पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है दरभंगा और पूर्णियां जिले से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाल और बालिका गृह का संचालन सरकार खुद करेगी दैनिक जागरण का शीर्षक है अब एनजीओ नहीं राज्य सरकार करेगी बालिका गृहों का संचालन हिन्दुस्तान की सुर्खी है हाईकोर्ट से लेकर सीबीआई तक एक्शन में अखबार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ी अन्य खबरों को भी इसके साथ प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है राज्यसभा उपसभापति का चुनाव नौ अगस्त को जदयू सांसद हरिवंश हो सकते हैं एनडीए उम्मीदवार प्रभात खबर ने फूटबॉल मैच से जूड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है भारत ने छह बार के विश्व चैम्पियन अर्जेंटीना को हराया

एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कोसी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला